सरकार ने शिक्षा के माध्यम से लडकियों और महिलाओं के सशक्तिकरण को बढावा देने के लिए विशेष अभियान शुरू किया केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने आज कोटा ब्रंदी का दौरा कर मेज नदी दुखान्तिका के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की प्रदेश में कल हुई बारिश और ओलावृष्टि से भरतपुर और अलवर में फसलों को नुकसान मौसम विभाग ने फिर जारी की चेतावनी

आज कोलकाता में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड छैळ के नए परिसर का उदघाटन करते हुए श्री शाह ने कहा कि भारत विश्व में शांति चाहता है और किसी पर हमला करने का उसका कोई इरादा नहीं है उन्होंने कहा कि अगर कोई इस शांतिपूर्ण माहौल को खराब करना चाहता है तो भारत उसे मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है गृहमंत्री ने कहा कि देश ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है और सर्जिकल स्ट्राइक और हवाई हमलों के बाद विश्व में आतंरिक सुरक्षा के मामले में भारत का नाम अमरीका और इजराइल के बाद लिया जाने लगा है श्री अमित शाह ने आतंकवाद का मुकाबला करने और देश की सुरक्षा में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की भूमिका की सराहना की

मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि मंत्रालय देशभर के स्कूलों और कॉलेजों में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाएगा

उन्होंने कहा कि यह अभियान वर्षभर चलेगा

पत्र सूचना कार्यालय और महात्मा ज्योति राव फूले विश्वविद्यालय की ओर से कल जयपुर में महिलाओं में कौशल और उद्यमिता के विकास पर गोल मेज सम्मेलन आयोजित किया जायेगा इस सम्मेलन के मुख्य वक्ता राजस्थान कौशल विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ ललित के पंवार होंगे

उल्लेखनीय है कि परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की पहल पर विभाग में पिछले तीन महीने से राज्यभर में प्रथम कार्य दिवस नो व्हीकल डे के रूप में मनाया जाता है

इसमें परिवहन उड़नदस्तों में कार्यरत कार्मिकों दिव्यांगों असाध्य रोगों से पीड़ित तथा अन्य किसी कारण से अक्षम कार्मिकों के लिए छूट प्रदान की गई है

राजस्व मंत्री हरीश चौधरी बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन के अलावा भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने आज पीड़ित परिजनों और धरने पर बैठे लोगों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी श्री चौधरी ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया पीड़ित पक्ष की ओर से सीबीआई जांच आरोपियों की गिरफ्तारी मुआवजा तथा नौकरी दिलाने की मांग की जा रही है

श्री शेखावत ने एमबीएम अस्पताल जाकर घायलों से भी मुलाकात की और उनकी कुशलक्षेम पूछी

श्रीमती गांधी की ओर से यह चादर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और प्रदेश प्रभारी अविनाश पाण्डे ने चढ़ाई और अकीदत के फूल पेश किए इसके बाद पत्रकारों से बात करते हुये श्री गहलोत ने कहा कि उनकी सरकार प्रदेश में आम जनता के बेहतर स्वास्थ्य के लिये प्रतिबद्ध है

जगह जगह होली मिलन समारोह के आयोजन हो रहे हैं तो ंकहीं फूलों की होली खेलकर ब्रज की परंपरा अनुसार हुरियारे होली के गीतों पर नृत्य कर रहे हैं भरतपुर में आज कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ जिसमें कवियों ने हास्य व्यंग की कविताएं सुनाकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया जयपुर के गोविन्द देवजी मंदिर में मंगलवार से फागोत्सव शुरू होगा जिसमें ख्यात कलाकार ठाक्र जी के दरबार में प्रस्तुतियां देंगे

इस उत्सव में प्रदेश के जाने माने हस्तल्पियों के उत्पादों का प्रदर्शन व बिक्री की जाएगी

उधर अलवर के बहरोड़ नीमराणा कोटकासिम शाहजहॉपुर सहित कई स्थानों पर बारिश के साथ बड़े बड़े आकार के ओले गिरे जिससे सरसों और गेहूं की फसल को नुकसान हआ है राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने कल हई ओलावृष्टि से हये नुकसान के संबंध में सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी है